प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज भाजपा के कार्यकर्ताओ को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयकों और सरकार के श्रम सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता क बाद से सत्तारूढ ताकतों ने केवल झूठे वायदों के जरिए किसानों और कामगारों से राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास किया किसान और श्रमिक के नाम पर देश में राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी लेकिन उन्हें मिला क्या सिर्फ वायदों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल एक ऐसा जाल जिसको न तो किसान समझ पाता था और न ही मेरे श्रमिक भाई बहन समझ पाते किसानों को ऐसे कानूनों में उलझाकर रखा गया है जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मनमुताबिक बेच भी नहीं सकता था

उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अलावा देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे

प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे देश के किसानों के पास जाएं और उन्हें इन कानूनों के फायदे समझाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक सुधार किए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की मदद के लिए किसान सम्मान निधि के तहत उनके खातों में एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी गई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में संसद में पारित ऐतिहासिक श्रम सुधार संहिता से मजदूरों को एक समान मजदूरी मिलेगी उनका सम्मान बढ़ेगा और उनके कानूनी अधिकारों की गारंटी भी मिलेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयन्ती देश और प्रदेश में बड़े ही श्रद्धाभाव के साथ मनाई जा रही है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था अर्थशास्त्र और अन्य विविध क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और शिक्षा आने वाली पीढियों को प्रेरित करते रहेंगे श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसे समय में भी स्वदेशी पर बल दिया था जब तत्कालीन सरकारों ने विदेशी आयात पर आधारित आर्थिक वृद्धि के मॉडल को अपनाया था ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्र नीति अर्थनीति समाजनीति राजनीति इन सभी पहल़ओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी लिखी थी उस समय जब आजाद भारत के नवनिर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर था तब भी दीनदयाल जी आधुनिक भारत के विकास के लिए भारत की मिट्टी पर भारत के कोटि कोटि जनों के पुरूषार्थ पर उनके पराक्रम पर उनकी प्रतिभा पर भरोसा करके उन्हीं से समाधान मिलेगा उस समाधान को लेकर वे आवाज बुलंद करते रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर आज लखनऊ में सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया इस भवन का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय सूचना परिसर रखा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन मीडिया का भवन है और यहां पत्रकारों को शासन की प्रत्येक योजना की जानकारी मिल जायेगी उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल खण्ड में बड़े बड़े लोगों को भयभीत होते हुए देखा है लेकिन मीडिया के लोग भयभीत नहीं हुए जूझते लड़ते रहे जान को जोखिम में डालते गये

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्मृति वाटिका में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में पंडित दीन दयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि उनका जीवन दर्शन आज भी प्रसांगिक है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ही सही मायने में अन्त्योदय है प्रदेश के विभिन्न जनपदों से भी पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयन्ती मनाये जाने के समाचार है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

मुख्यमत्री ने कोरोना से बचाव और सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान जारी रखने के निदश दिये वह आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने जनपद कानपुर नगर आर लखनऊ में अतिरिक्त चिकित्साकर्मियों की तैनाती करते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में सभी औषधियों और अन्य चिकित्सा सामग्री की सुचारू उपलब्धता बनाई रखी जाये

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले आठ दिनों से राज्य में नये मरीजों के मुकाबले ठीक होन वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में इस पोर्टल की शुरूआत की

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से विद्यार्थी व्यावहारिक और तकनीकी ज्ञान से जुड़ जाएंगे मुख्यममंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के साथ साथ एकीकृत पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य है

यह भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लेगा